प्रकोष्ठ का गठन म्ख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन के उपायों को सुझाने के उद्देश्य से म्ख्यमंत्री कार्यालय में एक प्रकोष्ठ गठन किया गया है म्ख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लगभग सभी विभागों की योजनाओं को शामिल किया गया है राज्य स्तर पर सभी विभागों के समन्वय के लिए यह प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है अन्य विभागों में संचालित स्वरोजगार योजनाओं को म्ख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाते हुए उद्यान कृषि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग पश्पालन द्ग्ध व्यवसाय पोल्ट्री जैविक कृषि आदि पर विशेष महत्व दिया जा रहा है

प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एसएस नेगी ने बताया कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिये प्रयास किये जायेंगे ताकि यूवा स्वरोजगार अपनाने के साथ ही अन्य के लिये भी रोजगार देने वाले बन सकें विभिन्न विभागों के स्तर पर स्वरोजगार के जो कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं उनसे भी समन्वय किया जायेगा ताकि अधिक से अधिक य्वाओं को स्वरोजगार का लाभ मिल सके

कुछ जनपद म्ख्यालय के भी बताए जा रहे हैं

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया है की टेस्टिंग अधिक बढ़ गई है इसलिए पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है

उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क पहने की अपील की है

देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार द्रसरे राज्यों से आने वाले लोगों को दो भागों में विभाजित किया गया है

जिले में चार क्षेत्रों में कंटेनमेंट ज़ोन बनाया गया है प्लिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में लोगो की सैम्पलिंग की जा रही है वहीं जिला म्ख्यालय में एक व्यापारी में कोरोना संक्रमण की प्ष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी व्यापारियों के सैम्पल लिए गए जिले के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी इंद्रजीत पांडेय ने बताया कि जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सैम्पलिंग बढ़ा दी गयी है

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने म्ख्य चिकित्सा अधीक्षक को जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजो और तीमारदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का शत प्रतिशत अन्पालन सुनश्चित कराने के साथ ही चिकित्सालय के सभी वार्डो में सर्कल बनाने के निर्देश दिये समीक्षा बैठक महिला कल्याण और बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि जो महिलाएं बालिकाएं और बालक समाज की म्ख्यधारा में नहीं जुड़ पाये हैं उनके साथ विशेष संवेदनशीलता दिखाई जाये साथ ही निराश्रित और अनाथ महिला और बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय यह बात उन्होंने राज्य के सभी जिलों के जिला प्रोबेशन अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से केन्द्र और राज्य पोषित महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक में कही उन्होंने निर्देश दिये कि राजकीय शिश् सदन बालगृह मे कार्य कर रहे कर्मचारियों को संवेदनशीलता के विकास के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण दिया जाए बैठक में कोरोना काल के दौरान विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों की समीक्षा भी की गयी

उन्होंने मौद्रिक समिति की तीन दिवसीय बैठक के समापन सत्र को आज संबोधित करते हुए यह बात कही आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि विकास को बनाए रखने और कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेर बदल जारी रखेगा उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टेंडिंग फेसेलिटी दर और बैंक दर चार दशमलव दो पांच प्रतिशत पर बनी रहेगी उन्होंने यह भी बताया कि रिवर्स रेपो दर भी तीन दशमलव तीन पांच प्रतिशत पर बनी रहेगी

उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय के निर्देश पर यह अभियान जिले के सभी ग्राम पंचायतों से लेकर ग्राम स्तर ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर चलाया जाएगा

दीपोत्सव सीएम आवास अयोध्या में श्रीराम मन्दिर की भूमि पूजन अवसर पर कल शाम म्ख्यमंत्री आवास में दीपोत्सव का आयोजन किया गया

म्ख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अयोध्या में किये गये राम मन्दिर शिलान्यास को भविष्य के देश के प्रति प्रधानमंत्री की स्पष्ट सोच को प्रदर्शित करता है उन्होंने इसे सबका साथ सबका विश्वास का भी मंत्र बताया है मुख्यमंत्री ने कहा कि माता सीता का उत्तराखण्ड से भी सम्बंध रहा है पौड़ी जिले के सितोलस्यूं पट्टी में फलस्वाड़ी के सीतासैंण के पास विदाकोटी स्थान पर माता सीता ने भूसमाधि ली थी उसके पास ही ऋषि वाल्मीकि का उत्तराखण्ड का एकमात्र मन्दिर है उन्होंने कहा कि यहां पर मेला भी आयोजित होता है इस स्थान पर माता सीता का भव्य मन्दिर बनाकर उसे पहचान दी जाएगी